चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद राजनैतिक दलों के मुख्यालय और विधानसभा क्षेत्रों से लगे सभी केन्द्रीय बाहरी राज्यों के नेता और पार्टी कर्मचारी रवाना हो गये आज और कल प्रिंट मीडिया में बिना प्रमाणन के राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किए जा सकेंगे

जहां दोषी पाये जाने पर उसे जेल भेज दिया गया इधर बाडमेर जिले की पचपदरा और चौहटन विधानसभा सीटों पर दो उम्मीदवारों को बिना अनुमति बल्क एसएमएस भेजने पर रिटर्निंग अधिकारियों ने नोटिस जारी किये गये है इन लोगों की ओर से चुनाव प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी बल्क एसएमएस भेजे गये

ये दल दो पारियों में रवानगी कर रहे है हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श मतदान केन्द्र बनाया गया है

जिले की आठों विधानसभा सीटों पर कानून और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किये गये हैं सवाईमाधोपुर बांसवाडा बूंदी और भरतपुर में भी आज मतदान से जुडे कर्मचारियों को अंतिम प्रशिक्षण देकर अपने अपने ब्रथों के लिये रवाना किया गया

जिले में आदर्श मतदान केन्द्रों पर गोटियों द्वारा मतदाताओं का स्वागत किया जायेगा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्वासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य गण्यमान्य नेताओं ने भी संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्वांजलि अर्पित की इस मौके पर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

व्यास को ये पुरस्कार राजस्थानी काव्यकृति कविता देवै दीठ के लिये मिलेगा